श्रोताओं से अपील है कि कोई ण्भी कोताही न बरतें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

मास्क पहनें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 हाथ और मुंह सोफ रखें

इसे मिलाकर कुल संक्रमितों की संख्यां दो करोड़ दस लाख से अधिक हो गई है

अब तक कोरोना से दो लाख तीस हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है

इसमें महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ गुजरात झारखंड और लद्दाख शामिल हैं

झारखंड में मौजूदा पाबंदियों के साथ राज्य में आंशिक लॉकडाउन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह फिर एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सदस्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया है

राज्य सरकार के अधीन संचालित सभी दफ्तर अब दोपहर दो बजे के बजाय पूरे दिन चलेंगे इस बार वन विभाग के दफ्तर को भी खोला गया है ताकि बरसात के पूर्व पौधारोपण को लेकर तैयारियां की जा सके वर्तमान में जो प्रतिबंध हैं वह अगले एक सप्ताह तक उसी तरह जारी रहेंगे

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना ग्रुप्ता मुख्य सचिव सुखदेव सिंह आदि उपस्थित थे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ऑक्सीजन का प्रयोग दवा के तौर पर करना चाहिए इसके अत्यधिक प्रयोग से बुरा प्रभाव हो सकता है श्री गुलेरिया ने कहा कि ऑक्सीजन कन्संट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञों की सलाह पर ही करना चाहिए

श्री रणदीप गुलेरिया ने यह भी कहा है कि कोरोना का हल्का संक्रमण होने पर पहले पांच दिन में स्टेरॉएड लेना नुकसानदेह हो सकता है झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर घटकर छिहत्तर दशमलव एक प्रतिशत हो गयी है राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान पांच हजार सात सौ सत्तर नए कोरोना संक्रमित मिले हैं इसी के साथ राज्य में अबतक मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख तिरसठ हजार एक सौ पंद्रह पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल पांच हजार आठ सौ चार लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गयी इसी के साथ राज्य में अबतक स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख दो सौ सैंतीस पहुंच गयी है राज्यभर में कल एक सौ इकतालीस कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अबतक मरने वालों की क्ल संख्या बढ़कर तीन हजार तीन सौ छियालीस पहंच गयी है राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या उनसठ हजार पांच सौ बत्तीस है कल मिले नए संक्रमितों में रांची जिले के नौ सौ अन्ठावन पूर्वी सिंहभूम के आठ सौ संतानबे हजारीबाग के छह सौ तिरानबे बोकारो के चार सौ सत्ताईस सहित अन्य जिलों के मरीज शामिल हैं सरायकेला खरसावां जिले में कोरोना की रोकथाम को लेकर चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है

ताजा समाचार ट्विटर हैंडल

आप प्रादेषिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल

इसके तहत एक लाख इकसठ हजार लोगों की जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है राज्यभर में चल रहे इस अभियान में एक लाख पच्चीस हजार रैपिड एंटीजन टेस्ट तेईस हजार एक सौ आरटीपीसीआर और तेरह हजार दो सौ पचास लोगों की ट्रनेट जांच का लक्ष्य रखा गया है इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी जिले के उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है इस अभियान के तहत राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की अनुमति दी गयी है कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की दबिश जारी है

जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं जिले में नमूना संग्रह जांच और टीकाकरण अभियान लगातार जारी है

वहीं उन्होंने लोगों से कोविड गाइडलाइंस के पालन के साथ ही वैक्सीन लगवाने की भी अपील की है

कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उन्होंने अंतिम सांस ली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि चौधरी अजित सिंह हमेशा किसानों के लिए समर्पित रहे उन्होंने केंद्र में विभिन्न विभागों का दायित्व बड़ी कुशलता से निभाया झारखंड आंदोलन के बौद्विक अगुआ बिशप निर्मल मिंज का कल शाम रांची स्थित आवास में निधन हो गया वे पिछले कुछ दिनों से कोरोना से पीड़ित थे

उनके निधन के बाद झारखंड में शोक का माहौल है और सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है वे थियोलॉजिकल कॉलेज के प्राचार्य और गोस्सनर कॉलेज के संस्थापक प्राचार्य रह चुके हैं उनका अंतिम संस्कार आज रांची में होगा राजधानी रांची को जाम से राहत दिलाने को लेकर दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत रांची नगर निगम पिस्का मोड़ पर वेंडिंग जोन बनाएगा

नगर निगम ने वेंडिंग जोन बनाने का टेंडर भी प्रकाशित कर दिया है

इस वेंडिंग जोन में तीन सौ फुटपाथ दुकानदारों को जगह दी जाएगी जिसमें सब्जी बेचने वालों से लेकर मांस मछली बेचने वाले फ्टपाथ द्वानदार भी शामिल किए जाएंगे खूंटी नगर पंचायत इलाके के लोग इन दिनों पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं इसे देखते हुए नगर पंचायत क्षेत्र के कई वार्डो में नगर पंचायत और स्थानीय विधायक द्वारा टैंकर के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति कराई जा रही है

इस कारण तजना बराज पूरी तरह सूख गई है और लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है कई बार नगर पंचायत की बैठकों में मामला भी उजागर हुआ लेकिन अबतक शहरी जलापूर्ति का कार्य पूरा नहीं कराया जा सका देवघर जिले की पुलिस ने तीन थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर कल चौदह साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है

पुलिस ने जिले के पालोजोरी थाना क्षेत्र के लट्झरी व बसहा सारठ थाना क्षेत्र के जमुआसोल पथरड्डा ओपी क्षेत्र के गोबरशाला व दुधवाजोरी में छापेमारी कर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है ये साइबर अपराधी बैंक अधिकारी बनकर लोगों के बैंक खातों से पैसे उड़ा लेते थे

मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार पश्चिम की ओर से एक टर्फ झारखंड में है और दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक सर्कुलेशन बिहार होते बंगाल में जा रहा है इस कारण रांची सहित पूरे झारखंड में बारिश हो रही है अगले चार दिनों तक रांची सहित झारखंड के कई हिस्सों में बारिश के साथ वजपात और गर्जन के अलावा तेज गति से हवा चलेगी

और अब संक्षिप्त खबरें जमशेदपुर स्थित आरका जैन विश्वविद्यालय के एन एस एस द्वारा बनाये गए ब्लड एन्ड प्लाज्मा डोनेशन वार रूम का उदघाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया इस मौके पर एनएसएस के स्वयं सेवकों ने रक्त दान किया

उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना की इस लड़ाई में हम मिलकर लड़ते हुए ही जीत हासिल करेंगे